कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश

पहले चरण में चार लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को दिये जायेंगे टीके

ब्रलेटिन की श्रूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

लगभग दस महीने बाद स्कूल और कॉलेजों को नियमित रूप से खोला गया है सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पहले चरण में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की नौंवी से बारहवीं तक की कक्षाएं आज से खुल गयी हैं साथ ही सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष की कक्षाएं तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी खोले गये हैं अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति दी गयी है कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में सिर्फ पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति मिली है बाकी बचे पचास प्रतिशत छात्र अगले दिन स्कूल आयेंगे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पहले चरण के अनुभव के आधार पर पन्द्रह दिन बाद पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को खोलने का फैसला किया जायेगा उन्होंने बताया कि सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है इसकी निगरानी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करेगा बैठने की व्यवस्था के दौरान दो गज की दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा श्री कुमार ने बताया कि स्कूलों के गेट पर ही बच्चों को दो दो फेस मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है मास्क पहनने कक्षाओं को प्रतिदिन सेनेटाईज करने हाथ धोने के लिये साबुन और सेनेटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही छात्रों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग होगी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर खाद्य सामग्रियों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी स्कूलों में असेम्बली और खेल के पीरियड नहीं होंगे संस्थान द्वारा चलाये जा रहे वाहनों को नियमित रूप से एक दिन में दो बार सेनेटाइज करना होगा विद्यालय प्रबंधन से कहा गया है कि अपने नजदीकी स्थल पर चिकित्सक या नर्स की उपलब्धता सूनिश्चित करें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके इसके अलावा छात्रों को भी यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके निजी कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे कोविड प्रोटोकॉल के पालन से संबंधित स्व घोषणा पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करवायें वहीं छात्रावासों में उच्च कक्षा के छात्रों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये गये हैं इस बीच पटना उच्च न्यायालय में भी आज से फिजिकल यानी आमने सामने की सुनवाई शुरू हो रही है कोविड से सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंधों के बीच फिलहाल सीमित मामलों की सुनवाई होगी हाई कोर्ट प्रशासन के अनुसार नई व्यवस्था में सप्ताह में चार दिन सभी न्यायाधीशों के समक्ष केवल पच्चीस पच्चीस आपराधिक मामले ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये जायेंगे जबकि सप्ताह में एक दिन सभी न्यायाधीश पच्चीस पच्चीस सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ भी जनहित याचिकाओं समेत मात्र पच्चीस मामलों की ही प्रतिदिन सुनवाई करेगी पूर्व की तरह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई की व्यवस्था जारी रहेगी कोर्ट रूम में सिर्फ उन्हीं अधिवक्ताओं को आने की अनुमति होगी जिनके मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिक के लिए भी ई पास अनिवार्य किया गया है किसी भी मुवक्किल को हाई कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अधिवक्ता संघों के साथ ही पुस्तकालय और कैंटीन भी बंद रहेंगे परिसर में कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है देश में कोविड के दो टीके कोविशील्ड और को वैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति मिल गयी है भारत विश्व का पहला देश है जहां दो टीके के इस्तेमाल को अनुमति दी गयी है देश में अभी नौ टीकों का निर्माण हो रहा है जिसमें सात परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में जिन दो टीकों को मंजूरी दी गयी है वे सभी सुरक्षा मानकों पूरी तरह सुरक्षित हैं मंत्रालय के अनुसार कोविड उन्नीस का टीका शुरू में कोरोना योद्धाओं जैसे प्राथमिकता समूहों को लगाया जाएगा दूसरे समूह में पचास वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित पचास वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शामिल होंगे मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका स्वैच्छिक होगा परन्तु यह सलाह दी गई है कि इस महामारी से रक्षा के लिए लोगों को कोविड टीके की पूरी डोज लेनी चाहिए इससे परिवार के सदस्यों मित्रों संबंधियों और साथ काम करने वालों को वायरस के संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी हो गयी हैं

बाइट जहां तक सेफ्टी की बात है मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं जो ट्रायल्स हुए है सभी वैक्सीन की चारों वैक्सीन की जो अमी इस कंट्री में नहीं है और जो हमारे पास है जहां तक सेफ्टी का इश्यू है देश को घबराना नहीं चाहिए ये बिलकुल सेफ वैक्सीन है

पटना एम्स में कोरोना की वैक्सीन को वैक्सीन के तीसरे चरण के तहत एक हजार पांच सौ लोगों को टीके दिये गये हैं नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अब इन सभी स्वयं सेवकों को अट्ठाईसवें दिन टीके की दूसरी खुराक दी जायेगी प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख अड़तालीस हजार दो सौ दस हो गयी है स्वस्थ होने की बढ़कर संतानवे दशमलव सात पांच प्रतिशत हो गयी है कल छह सौ इकतीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में दो बयासी मामले भी सामने आये जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख तिरपन हजार नौ सौ चौंतीस हो गयी है एक दिन दो लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार चार सौ पांच हो गया है इधर ब्रिटेन से पिछले दिनों पटना लौटे तैंतालीस लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है पटना उच्च न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान निर्दोष के मारे जाने पर सरकार को चार सप्ताह के भीतर दस लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति मोहित कुमार साह की एकल पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि मुठभेड़ के दौरान कोई निर्दोष मारा जाता है तो यह बात साबित होती है कि सरकारी तंत्र अपने कतर्व्यों का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाया पीठ ने कहा कि देश का संविधान सभी को जीने का अधिकार देता है गौरतलब है कि पटना के कुम्हरार पुलिस पोस्ट के पास वर्ष दो हजार में एक निर्दोष युवक की मौत हो गयी थी इस मामले में उसके पिता ने पटना उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया था प्रदेश में सड़क दुर्घटना में किसी एक व्यक्ति की मौत होने पर भी चार लाख रूपये का मुआवजा मिलेगा परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में नई नीति बनाई जा रही है उन्होंने बताया कि नई नीति में लोगों को अधिक से अधिक राहत देने का प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा वर्तमान में आपदा प्रबंधन विभाग के नियमों के अनुसार सड़क दुर्घटना में किसी एक व्यक्ति की मौत होने पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है पटना जीपीओ में साढ़े चार करोड़ रूपये से अधिक के गबन के मुख्य आरोपी लिपिक मुन्ना कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार उन्नीस में जीपीओ में फर्जीवाड़ा कर साढ़े चार करोड़ रूपये गबन का मामला सामने आया था जिसमें पांच कर्मियों को निलंबित किया गया था पूर्णियां जिले के मरंगा थाना के पूर्व थानाध्यक्ष मदन कुमार पर के हाट थाना में आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया गया है तत्कालीन आईजी रत्न संजय के आदेश पर हुई जांच में यह बात सामने आई थी कि आरोपी थानाध्यक्ष ने ग्यारह साल की नौकरी में पचास लाख रूपये से अधिक की अवैध सम्पत्ति अर्जित की थी मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की सम्भावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक नीरज आशुतोष ने बताया कि अगले चौबीस से अड़तालीस घंटों के दौरान आसमान में बादल छाये रहेंगे और तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा

रोहतास जिले के परसथ्रआ थाना क्षेत्र अन्तर्गत रूपी बांध गांव के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गया वहीं वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो युवकों की मौत हो गयी गोपालगंज जिले के कुख्यात आदित्य तिवारी को उसके एक सहयोगी के साथ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी की हत्या और रंगदारी समेत कई आपराधिक मामलों में तलाश थी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां कोविड काल में आज से विद्यालयों के खुलने की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है दो सौ छियानवे दिनों की बंदी के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान इसके अलावा कोरोना के दो टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी से जुड़ी खबरों को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है देश को मिले दो टीके बिहार में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका प्रभात खबर ने इसी समाचार को सुर्खी बनाते हुये लिखा है कोविशील्ड और को वैक्सीन पर डी सी जी आई की मुहर दैनिक जागरण ने किसानों के साथ सातवें दौर की वार्ता आज को अपनी प्रमुख खबर बनाया है दैनिक आज ने लिखा है बिहार में घुसपैठियों की पहचान में जुटी खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा आयोग

कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश

पहले चरण में चार लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को दिये जायेंगे टीके